उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय झारखंड के मजदूरों की मदद करे जिससे उन सभी की वतन वापसी हो और ये मजदूर अपने परिवार के लोगों से मिल सकें विदेश मंत्रालय झारखण्ड के मजदूरो का शोषण करने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करे

इन्हें निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी ये सुविधाए संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी संबंधित जिलों के उपायुक्त के द्वारा उनके जिले के चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों को प्रतिमाह सम्मान पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा

इस दौरान रांची गुमला सहित देवघर में उनका कार्यक्रम होगा मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने राष्ट्रपति के आगमन के दौरान व्यवस्था की बिंदवार जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी उन्होंने निर्देश दिया कि उनके आगमन के दौरान अनावश्यक देर तक ट्रैफिक न रोकें ताकि आम जनता को परेशानी नहीं हो मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रपति के झारखंड आगमन के दौरान तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे

मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलमूत सुविधाओं में सुधार के साथ साथ सुनियोजित ढंग से आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है इस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वागीण समेकित और समावेशी विकास होगा मिशन के अंतर्गत समयबद्ध रूप से तीन सौ शहरीकृत ग्राम समृह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है इस मिशन की सफलता से प्रेरित होकर नीति आयोग ने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि अगले तीन वर्षों में यह कार्यक्रम एक हजार ग्राम समूहों तक ले जाया जाएगा चतरा जिले के टंडवा प्रखंड वासियो को केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत एक बड़ी सौगात दी गई है

आज देश भर में अंतराष्ट्रीय मातभाषा दिवस मनाया जाएगा मातभाषा दिवस से पहले कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की समुद्ध भाषाई विरासत के संरक्षण पर जोर दिया उन्होंने कहा है कि देश में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की भाषा ही प्रशासन की भाषा होनी चाहिए उप राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि सांसदों को भी अपनी मातुभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि रोजगार हासिल करने के लिए भारतीय भाषाओं के ज्ञान को अनिवार्य किया जाना चाहिए उन्होंने साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूलों में मातुभाषा में ही शिक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए

संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातभाषा में देने पर जोर दिया

इस साल मनाए जा रहे मातृभाषा दिवस के लिए यूनेस्को की थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स यानि सीमाओं से परे भाषा कोडरमा जिले में तिलकामांझी कृषि पंप योजना के तहत खेतों तक विद्युत आपूर्ति के लिए कार्य शुरू हो गया है

इसके अलावा सरिता मोर ने उनसठ किलोभार वर्ग में मेंगोलिया की बातसे तसेग को हराया

सिडनी में आईसीसी ट्वेंटी ट्वेंटी महिला विश्व कप के पहले मैच में आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैम्पियन आस्ट्रेलिया से होगा मैच भारतीय समय अनुसार दिन में डेढ़ बजे शुरू होगा

राज्यभर के षिवालयों में भी श्रद्वाल सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहंच रहे हैं देवघर के बाबा मंदिर और रांची की पहाडी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है गुमला जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर बुढ़वा महादेव सहित अनेक शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु पूजन और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं दोपहर बाद विभिन्न मंदिरों से आकर्षक झांकी के साथ षिव बारात निकाली जाएगी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं

इस अवसर पर विधायक स्टीफन मरांडी भी साथ में थे

उसके पास से विभिन्न कंपनियों के सिम कार्डे और कई मोबाईल सेट बरामद हुए